आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं को अधिकारों के बारे में जागरूक करना उददेश्य केन्द्र ने कहा सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में करें शिकायत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

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री ठाक्र ने कहा है कि सरकार ने मनरेगा और प्रवासी मजदूरों के लिए राशन और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है श्री ठाकुर ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि केवल एक परिवार ने राजीव गांधी फाउंडेशन से धन एकत्र किया और विदेशी फंड भी लिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को यू पी ए सरकार के शासनकाल में प्राथमिकता नहीं दी गई

कम समय में यह उपलब्धि हासिल करने वाले देशों में से भारत एक है

झारखंड में राज्य स्वास्थ्य सेवा सचिव के के सोन ने कोविड टीकाकरण अभियान तेज करने का निर्देश दिया है श्री सोन ने स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वाओं को वैक्सीन देने की गति बढ़ाए जाने को कहा

राज्य स्वास्थ्य सचिव के निर्देश को देखते हुए टीकाकरण मिशन के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य कोन्द्रों और सीजीएचएस योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण कोन्द्रों में बदलने को कहा है

इनमें पांच सौ अड़तालीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख अठारह हजार नौ सौ सतासी मरीज ठीक हए हैं अब तक राज्य में एक हजार तिरानबे मरीज की मौत कोरोना से हई हैं वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव छह तीन प्रतिशत हैं राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित बोकारो के चास स्थित रामरूद्र प्लस ट् उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी ने प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा को सार्थक बताया है उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा के दौरान बच्चों से इतनी सहजता से जुड़ जाते हैं कि बच्चे अपनी छोटी से छोटी समस्या भी बताने में हिचकते नहीं है प्रधानमंत्री की बातों का बच्चों के मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है

झारखंड विधानसभ के बजट सत्र की कार्रवाही विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी है कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को सड़क दुर्घटना में घायलों के बचाव के लिए आम आदमी द्वारा किए गये प्रयासों को आपदा घोषित करने की स्वीकृति दें इस संबंध में उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए सड़क सुरक्षा नियमावली की जानकारी दी

निजीकरण के विरोध में जिला मुख्यालय सरायकेला के सभी सरकारी बैंक के कर्मी हड़ताल पर रहे जिससे करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है वहीं बैंक की शाखाओं के बंद रहने से एटीएम सेवा भी प्रभावित रही हड़ताल से ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा बैंकों की हड़ताल का पश्चिमी सिंहभूम जिले में व्यापक असर पड़ा है बैंकों का कामकाज पूरी तरह ठप होने से व्यापार समेत अन्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं इस हड़ताल को कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है केन्द्र सरकार ने आज कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने बताया कि सरकार निगम में पारदर्शिता लाने और इसका बेहतर मूल्यांकन करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है उन्होंने बताया कि इस आईपीओ से जीवन बीमा निगम में निवेश बढ़ेगा उन्होंने कहा कि इस आईपीओ में मौजूदा शेयर धारकों की हिस्सेदारी के बारे में फैसला बाद में किया जाएगा श्री ठाकुर ने कहा कि इस आईपीओ से देश और निगम के शेयरधारकों को लाभ होगा आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है

उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन्हें उचित मूल्य पर सही उत्पाद मिले श्री जावडेकर ने लोगों से आग्रह किया के वे सही उत्पाद न मिलने पर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करें साहिबगंज में जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने तालझारी थाना क्षेत्र के गदवा पहाड़ मौजा में अवैध पत्थर कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाते हुए जेसीबी से एक क्रशर को ध्वस्त करने के साथ चार क्रशर को सील कर दिया टीम में राजमहल के अनुमंडल पदाधिकारी जिला खनन पदाधिकारी राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तालझारी सीओ और तालझारी थाना प्रभारी शामिल थे टास्क फोर्स की टीम ने तालझारी प्रखंड के सकरीगली स्थित गदवा मौजा में छापेमारी की वहां बगैर कागजात के अवैध रूप से पांच क्रशर संचालित हो रहे थे जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बताया कि गदवा पहाड़ पर पांच क्रशर बिना कागजात के चल रहे थे बोकारो जिले से प्रतिदिन दर्जनों युवक आर्मी में भर्ती होने के लिए रांची के मोरहबादी मैदान में चल रहे आर्मी भर्ती रैली में भाग लेने जा रहे हैं

इस संबंध में ओरमांझी थाना में देररात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी सुरेंद्र कमार ने बताया र्हे कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोडरमा बरही सड़क मार्ग पर कुछ अज्ञात अपराधी सोना चांदी और भारी मात्रा में नगद राशि लूटकर रांची की ओर भागे हैं यह रुपया और जेवरात कोडरमा जिले के एक जेवर व्यवसायी से लूटे गए थे सूचना के बाद ग्रामीण एसपी नौशाद आलम के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई पटना रांची सड़क मार्ग और सिकिदिरी रांची सड़क मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया इस दौरान मांझी ब्लॉक चौक के पास तलाशी में कार सवार में दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया भारतीय कप्तान विराट कोहली ट्वेंटी ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीन हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गये हैं अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में कल रात इंग्लैंड के साथ दूसरे ट्वेंटी ट्वेंटी मैच में कोहली ने यह उपलबधि हासिल की